प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादकता संबद्व प्रोत्साहन योजना की शुरूआत कर देश में विनिर्माण में तेजी लाने का अनूठा अवसर उपलब्ध कराया है कल नीति आयोग की शासी परिषद की छठी बैठक में उन्होंने राज्यों से इस स्कीम का भरपूर उपयोग करने दुनियाभर से अधिकतम निवेश आकर्षित करने और कॉरपोरेट करों में कटौती का लाभ लेने की अपील की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सहकारी संघवाद को अधिक सार्थक बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए श्री मोदी ने कहा सहकारी संघवाद और अधिक सार्थक बनाकर राज्यों के साथ साथ जिला स्तर तक ले जाना है ताकि विकास की स्पर्धा निरंतर चलती रहे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बिना समय गवाएं तेजी से प्रगति का संकल्प ले चुका है श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष के बजट में उठाए गए रचनात्मक कदमों का स्वागत हुआ है जिससे राष्ट्र की सोच का पता चलता है श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश के निर्माण का एक महत्वपूर्ण उपाय है इसका उद्देश्य न केवल भारत बल्कि विश्व की जरूरतें पूरी करना है

इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि हनर हाट देशभर के स्वंदेशी कलाकारों और शिल्पकारों को एक मंच पर आने का मौका देती है उन्होंने कहा कि यह हाट भारत की पारंपरिक कला और शिल्प की विशेष तौर पर देश की सांस्कृतिक कलाकारी की सुंदर प्रदर्शनी है रक्षा मंत्री ने कहा कि हुनर हाट वोकल फॉर लोकल पर जोर देती है जो आत्मननिर्भर भारत का आधार है उन्होंने कहा कि हुनर हाट न केवल पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को समान मंच उपलब्ध कराती है बल्कि देश की समुद्ध संस्कृति और परंपरा को भी दर्शाती है श्री सिंह ने यह भी कहा कि यह हाट कलाकारों की कला और शिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने में महत्व्रंपर्ण भूमिका निभाती है इससे उन्हें अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिलता है उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कल कहा है कि एक राष्ट्र एक मानक स्थापित करने का समय आ गया है इससे मानक स्थापित करने का वैश्विक लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत विश्व नेता बन जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री गोयल ने कहा कि लोगों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए भारत में विश्व स्तर की जांच प्रयोगशाला की जरूरत पर बल देते हए उन्होंने कहा कि इसके लिए आधुनिक उपकरण और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है ईंधन की कीमतें वैश्विक मुद्दा है और तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक को पूरी दुनिया को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम तय करने चाहिए कल चेन्नई में श्रीमती सीतारामन ने यह भी कहा कि केन्द्र और राज्यों को वस्तु और सेवा कर जीएसटी को एक समान रूप से युक्तिसंगत बनाने के लिए विचार विमर्श करना चाहिए भारत को कल्याणकारी शासन व्यवस्था वाला देश बताते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा का पूरा ध्यान रख रही है और वैध तरीके से सम्पत्ति जुटाने का भी समर्थन करती है

इसमें से दो सौ दो लाख टन से ज्यादा की खरीद अकेले पंजाब में की गई है

मौजूदा योजनाओं के अनुसार सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद जारी रखी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इंडिया कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड आदिवासी बहल राज्य है लंबे संघर्ष के बाद वर्ष दो हजार में यह अलग राज्य बना अलग राज्य की परिकल्पना इस लिए की गई थी कि यहां के लोगों का विकास हो सके लेकिन बीस साल बाद भी झारखंड वहां नहीं पहुंच सका जहां पहुंचना चाहिए था उन्होंने कहा कि खनिज के मामले में झारखंड आगे है और अब पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि गोलियों की आवाज की जगह पर्यटकों की हंसी सुनायी दे उन्होंने कहा कि राज्य के श्रमिकों का हित सर्वोपरि है उन्होंने कहा कि कोरोना काल में देश के विभिन्न राज्यों से वापस आये श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार देने के लिए नौ सौ लाख मानव दिवस का सुजन किया गया उन्होंने कहा कि कोरोना संकमण काल में कई काम बाधित हुए लेकिन हमने नयी नीतियां बनायी राज्य सरकार नई खेल नीति ला रही है जिसमें खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति का प्रावधान है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी वृद्दों को पेंशन का लाभ प्राप्त हो आज अन्तरराष्ट्रीय मातुभाषा दिवस है

इस वर्ष के लिए थीम है शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषिता को बढ़ावा देना

इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र इस अवसर पर चार दिन के वर्च्अल कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं आज आयोजन के पहले दिन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु बहुभाषिता को बढ़ावा देने के विषय पर वेबिनार को संबोधित करेंगे श्री नायड अंतरराष्ट्रीय वर्चअल सुलेखन प्रदर्शनी का भी उदघाटन करेंगे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी वेबिनार को संबोधित करेंगे

राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी आयी है

प्रदेश में अब कुल सकिय मरीजों की संख्या चार सौ सड़सठ रह गई है अब तक एक लाख सत्रह हजार नौ सौ सतहत्तर मरीज स्वस्थ हो चुके हैं झारखंड में कोरोना संकमितों स्वस्थ होने की दर अंठावनें दशमलव सात शून्य प्रतिशत है राज्य में चल रहे टीकाकरण के तहत कल दस हजार आठ सौ चौतीस हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया नियमित टीकाकरण से छूटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं को टीका देने के लिए कल से विशेष अभियान चलाया जायेगा दस जिले रांची चतरा लातेहार पाकुड़ पलामू गिरिडीह गोड्डा देवघर दुमका और गढ़वा जिले में यह अभियान चलेगा मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत इस अभियान का पहला चक कल से आठ मार्च तक और दूसरा चक बाईस मार्च से पांच अप्रैल तक चलाया जायेगा इसके तहत जो भी गर्भवती महिलाएं और बच्चे नियमित टीकाकरण से वंचित रह गए हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा

आईसीएआर और केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा द्वारा बिहार में आयोहित किये गए दो दिवसीय राष्ट्रीय पशु आरोग्य मेले में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची को पहला पुरस्कार मिला है विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओंकारनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर प्रदर्शन लगाने वाले कृषि विज्ञान केन्द्र गढ़वा और सिमडेगा की टीम को बधाई दी है बीएयू द्वारा मेले में विकसित सुकर नस्ल और मुर्गी नस्ल को प्रदर्शित किया गया था सरायकेला खरसावां जिले में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक संस्थानों की मांग पर युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित किया जाएगा यह कार्यक्रम स्किल डेवलपमेंट योजना के द्वारा होगी जिले में बेरोजगारों को स्किल डेवलपमेंट योजना के प्रति जागरूक करने के लिए कल उपायुक्त अरवा राजकमल एवं उपविकास आयुक्त प्रवीण कुमार गगराई ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

चतरा के इटखोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर परिसर में संचालित तीन दिवसीय राजकीय ईटखोरी महोत्सव के दूसरे दिन कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया बीएसएफ जवानों ने भी रंगारंग प्रस्तुति दी सांस्कृतिक संध्या में विश्व विख्यात बांसुरी वादक चेतन जोशी ने भी लोगों का अपने बांसुरी के धुन पर मनोरंजन किया इसके अलावा स्थानीय कलाकारों ने भी कई कार्यक्रम प्रस्तुत किये पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के केल्हार गांव के एक गैस गोदाम में आग लग गयी जिससे पांच कर्मचारी झुलस गए इनमें गंभीर रूप से जख्मी दो कर्मचारियों को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है वहीं तीन का इलाज मेदिनीनगर एमएमसीएच में चल रहा है गैस लिकेज की घटना खाना बनाने के दौरान हुई गैस गोदाम के कमरे में कुछ मजदूर खाना बना रहे थे इसी बीच लिकेज से आग लग गयी आग पर तत्काल काबू पा लिया गया

इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में झारखंड राज्य के सभी जिलों की टीमें भाग लेंगीं राजधानी रांची सहित राज्य के कुछ हिस्सों में आज मौसम में बदलाव होगा दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है मौसम विभाग ने संभावना जतायी है कि अगले दो तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट हो सकती है इस वजह से सुबह में ठंड का एहसास होगा